पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा प्रदूषण से प्रभावित राज्यों में वायु की गुणवत्ता में लगातार हो रहा है सुधार

कोरोना के खिलाफ राज्यव्यापी जन आंदोलन कल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपूर के अल्बर्ट हॉल से करेंगे शुभारम्भ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदेश में हुए विभिन्न कार्यकम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुजुर्गो की देखभाल के लिए नये सिरे से संकल्प लेने का किया आहवान

आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर गांधीजी के उस कथन के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश को आगे बढने से रोकता है

कृषि सुधार के लिए सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए तीन कानूनो ने किसानों को सभी तरह के बंधनों से मुक्त कियाँ है आज जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय कृ षि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री गोयल ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने में किसान सबसे अहम कड़ी हैं किसान सशक्त होगा तो देश मजबूत होगा उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों ने यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान अब आजाद है वह व्यापारियों को या मंडी में सीधे अपनी उपज बेच सकता है श्री गोयल ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को विकल्प मिले हैं

उन्होंने कहा कि किसान समझ चुका है कि उसके सामने अब रास्ते खुल गए हैं

राजस्थान सरकार की ओर से इन कानूनों को लागू नहीं करने के लिए अध्यादेश लाने संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में श्री गोयल ने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसा करती है तो प्रदेश के किसान समय पर इसका जवाब देंगे

श्री शेखावत ने कहा कि विपक्षी दल अन्नदाता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि पराली जलाना प्रद्षण को मुख्य कारण है इसके लिए केन्द्र ने भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद द्वारा विकसित मशीनें प्रदान की गई है जिनका राज्यों में परीक्षण किया जाएगा

यात्रियों को लॉकडाउन के कारण रद्द हुई उडानों की टिकिट का पूरा पैसा वापस किया जायेगा अदालत ने कहा है कि सभी निजी विमानन कंपनियां डीजीसीए की सिफारिशों पर अमल करने के लिए बाध्य है

इसके तहत प्रदेश में आज से वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान खोल दिए गए है

वहीं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की भी इजाजत दी गई है इनके लिए संबंधित मंत्रालय एसओपी जारी करेंगे

इसके लिए राज्य विस्तृत निर्देश जारी करेंगे

हालांकि अंतरराष्ट्रीय माल वाहक उड़ान और सरकार द्वारा मंजूर की गई यात्री उडाने जारी रहेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जयपुर के अल्बर्ट हॉल से इस राज्यव्यापी आंदोलन की शुरूआत करेंगे

आमजन को मास्क पहनने उचित दूरी रखने और भीड़ से बचने के नियमों के बारे में जागरूक करेंगे

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना के विरूद्ध जन आंदोलन ँ प्री तरह से गैर राजनैतिक अभियान है सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों सामाजिक सरोकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों की भागीदारी होने से ही यह अभियान सफल हो सकेगा

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जैसलमेर के दो ब्लॉक और नागौर के एक ब्लॉक के लिए ई नीलामी प्रकिया शुरू कर दी गई है इस नीलामी में देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है उन्होंने ँकहा कि ई ऑक्शन प्रकिया में देशी विर्देशी निवेशकों को हिस्सा लेने से अधिक राजस्व प्राप्त होगा

इसी तरह जयपूर से श्रीगंगानगर तथा जयपुर से उदयपुर सिटी के लिये विशेष रेलों का संचालन होगा

श्री मेघवाल ने हाल ही में लागू किए गए तीनों कृषि कानूनो को लेकर कहा कि कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाना समय की मांग है

इसके तहत अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुजुर्गो की देखभाल करने का नये सिरे से संकल्प लेने का आहवान किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बुजुर्गो द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान को हमें उजागर करना चाहिए